उन्होंने कहा कि इस साल की शुरूआत में कुछ लोग भविष्यवाणी कर रहे थे कि भारत में कोरोना वायरस का प्रभाव बहुत ही भयंकर होगा लेकिन लॉकडाउन और सरकार के कई अन्य उपायों तथा लोगों के साहस के कारण भारत आज कई अन्य देशों से बेहतर स्थिति में है श्री मोदो ने कहा कि कोराना वायरस से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है और फिर भी हम कोताही नहीं बरत सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ हफ्तों में सरकार ने अर्थव्यवस्था से जुड़े अल्प कालिक और दीर्घ कालिक विषयों पर विचार किया है उन्होंने कहा कि समुद्र से अंतरिक्ष तक और खेतों से कारखानों तक जन हित और विकास के अन्रूप निर्णय लिए गए हैं प्रधानमंत्री ने परम सम्मानित डॉक्टर जोसेफ मार थोमा मेटोपोलिटन को उनके जन्मदिन पर बधाई दो और दीर्घायु होने और अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं दी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले सभी छात्र छात्राओं को बधाई दी है इस मौके पर उन्होंने माध्यमिक शिक्षा विभाग को बधाई देते हुए कहा कि यह पूरे विश्व का सबसे बड़ा बोर्ड है इसके कार्य को पारदर्शी रूप से सम्पादित किया गया

हमारे लिये संतोष का विषय यह है कि इस बार फिर से बालिकाओं ने ज्यादा स्थान प्राप्त किया ज्यादा सफलता प्राप्त की है

उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा ने आज लखनऊ में इन नतीजों की घोषणा की शिक्षा मंत्री ने परीक्षा में शीर्ष स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के लिए प्रस्कार के रूप में एक एक लाख रुपये और लैपटॉप देने की घोषणा की है

प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने इस साल के नतीजों को पिछली बार से बेहतर बताया है दोनों ही परीक्षाओं में पास होने वाले विद्यार्थियों में छात्राओं का प्रतिशत छात्रों से कहीं ज्यादा है

उनके पिता गांव में ही माता की चुन्नी बनाने का काम करते है और माता कविता जैन गृहणी है

अनुराग के पिता प्रमोद मलिक बड़ौत में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान है

हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा था मम्मी मुझसे कुछ भी काम नहीं कराती थी घर का

राजीव पंडित आकाशवाणी समाचार बागपत

केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र और यूपी सरकार के समन्वय से लोगों की प्रत्येक स्वास्थ्य संबंधी जरूरत को पूरा किया जायेगा श्रीमती ईरानी ने आज भाजपा के नई दिल्ली कार्यालय से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र सरकार के दूसरे कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर उत्तर प्रदेश जनसंवाद रैली को संबोधित किया

उन्होंने डॉक्टर्स नर्स आशा वर्कस आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों की सेवाओं के लिये उनका अभिनन्दन किया केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि यह दुर्भाग्य है कि जब मानवता एक वैश्विक महामारी से जूझ रही है तब कुछ लोग हिन्दुस्तान की सरहद पर आँख उठाने का दुस्साहस कर रहे हैं लेकिन जब जब हिन्दुस्तान को ललकारा गया है तब तब जीत हमारी हुई है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश के आर्थिक विकास को सुदृढ़ करने के लिये उठाये गये कदमों की सराहना की

यह कार्यक्रम आकाशवाणी डीडीन्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चनलों पर भी उपलब्ध होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बलरामपुर जनपद में समीक्षा बैठक को तथा संयक्त अस्पताल पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्था का निरीक्षण किया उन्होंने अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य कराने और अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखने का निर्देश दिया अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि सरकार द्वारा कोरोना वायरस के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिये एक नई पहल क्राउडसोर्सिंग ऑफ आयडियाज शुरू की जा रही है जिसके तहत लोगों को एक मिनट का वीडियो बनाने क लिये प्रेरित किया जायेगा उन्होंने आज लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को बताया कि इन वीडियो में कोरोना संक्रमण से बचने के बारे में तथा इससे जुड़ी सावधानियों के बारे में बताया जायेगा सौ सबसे अच्छे वीडियो को दस हजार रूपये का प्रस्कार दिया जायेगा श्री प्रसाद ने बताया कि इसके साथ ही संक्रमण की चेन को ब्रेक करने क लिये प्रदेश में जो किया जा रहा है इसक अलावा और क्या किया जा सकता है इसके बारे में भी लोगों के विचार मांगे जा रहे हैं

मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेरठ मंडल के सभी जनपदों में कोविड अस्पतालों की क्षमता विस्तार का कार्य प्राथमिकता पर किया जाये बस्ती से भाजपा सांसद हरीश द्विवेदी ने कहा कि कुशीनगर हवाई अड्डे को अतंराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किये जाने से थाईलैंड मलेशिया श्रीलंका से बौद्ध अनुयायिकों के साथ उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार के यात्रियों को कुशीनगर आने में सुविधा होगी